मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पृण्य तिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा पंडित दीनदयाल से प्रेरणा लेकर सरकार हर वर्ग तक विकास की योजनाएं पहंचा रही है केन्द्र सरकार ने कहा देश के कानूनों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्मर भारत अभियान निर्धनों किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे

दीनदयालचपाध्याय जी भी यही कहते थे उन्होंने एक स्थान पर लिखा था एक सबल राष्ट्र ही विस्वको योगदान दे सकता है यही संकल्प आज आत्मनिर्मर भारत की मूल अक्षारणा है इसी आदर्शको लेकर ही देश आत्मनिर्मरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कोरोना काल में देश नेयन्योदय के भावनाओं को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया पूरी दुनियाको दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम समी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं हम जैसे जैसे दीनदयालजी के बारे में सोचते हैं बोलते हैं सुनतेहैं उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हमें उनकी बातों में उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी एक नया दृष्टिकोण एक नवीनता का अनुमव होता है उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैंजितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगेजितने आज हैं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आत्मनिर्मर भारत के विचार से अवगत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लखनऊ के चारबाग स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका पर उनकी प्रतिमा पर कल माल्यापण किया और श्रद्वासुमन अर्पित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में उच्चतम मानदंडो का पालन करते थे वे एक क्शल संगठनकर्ता एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा के प्रणेता थे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचारों से पार्टी और समाज को हमेशा प्रेरणा मिली है उनसे प्रेरणा लेकर ही सरकार हर वर्ग तक विकास की योजनाए पहुंचा पा रही है कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं को पहुंचाने के संकल्य के साथ कार्य कर रही है इस अवसर पर चन्दौली के पड़ाव पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति उपवन एवं संग्रहालय में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पंडित दीन दयाल को श्रद्वाजंति दी और समाज व देश के प्रति समर्पण का संकल्प लिया प्रदेश के मऊ सहित कई अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये उत्तराखण्ड के अपदाग्रस्त चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य आज पूरी रात भी जारी रहा यहां तपोवन क्षेत्र में सुरंग में पच्चीस से पैंतीस लोगों के फसे होने की आशंका है राहत और बचाव दल सुरंग के भीतर एक सौ अस्सी मीटर तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है जहां इन लोगों के फंसे होने की आशंका है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक छत्तीस लोगों के शव बरामद कर लिए गये हैं जबकि करीब एक सौ अड़सठ लोग अभी भी लापता हैं केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में कानून का उल्लंघन करने वाले फर्जी खबरे फैलाने और हिंसा को उकसाने में लित सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी राज्यसमा में कल श्री प्रसाद ने कहा कि ट्वीटर फेसब्क व्हाट्सएप तथा लिक्डइन जैसे प्लेटफार्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी

ये सारी कंपनियां जान लें

ये क्या मजाक है ये आप नरेन्द्र मोदी मेसकर ऑफ किसान हैराटैगकरते हैं इसका मतलब क्या हैआप वैमन्स्य न फैलाएं आप हिंसा नफैलाएं झूवी खबरें नफैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्ग दर्शन में संचालित यह योजना ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सक्षम है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विमिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आम जनता को उनकी आवासीय सम्पत्ति के प्रपत्र उपलब्ध कराने में स्वामित्व योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही है मुख्यमंत्री ने इस योजना के क्रियान्वयन में ड्रोन के माध्यम से प्रारम्भिक सर्वेक्षण के साथ साथ सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सर्वेक्षण टीम द्वारा सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आगामी पन्द्रह फरवरी से आगरा में ग्रू हो रही भारतीय सेना की भर्ती रैली के संबंध में समी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आयी है लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बरतना जरूरी है लखनऊ में कल एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारु ढंग से चल रहा है बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकररण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक देने का कार्य पन्द्रह फरवरी से शुरू किया जाएगा पहले चरण में टीकाकरण से छट गये स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण के लिये अवसर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समी अस्पतालों को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इक्कीस फरवरी से जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण शुरू होगा उन्होंने इसके लिये समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिये स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूरा कर लिये जाने के बाद प्रदेश में अग्रिम मोर्च के कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि कल दोपहर तीन बजे तक साठ हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीके लगाए गये उधर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या घट कर तीन हजार तीन सौ बीस रह गयी है पिछले चौबीस घंटों में एक सौ उन्यासी लोगों में संक्रमण की पृष्टि हयी राज्य में कोविड से ठीक होने की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक है प्रदेश में कोविड की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है केन्द्र सरकार देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी ये मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक चलेगा केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से कल नई दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट की शुरूआत की इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्मर भारत की परिकल्पना को साकार करने और खिलौना उत्पाद उद्योग को सुदृढ बनाने के लिए सरकार ने पिछले महीने पहले टॉयरेथॉन का आयोजन किया था उन्होंने कहा कि हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में चार हजार उद्यम देश में मौजूद हैं उन्होंने कहा कि इस मेले से स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद मिलेगी